बैठक के दौरान विधायकों को विस्तार से वित्तीय कठिनाइयों और राज्य के समक्ष उपस्थित च्नौतियों से अवगत कराया गया वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी का असर देश और सभी राज्यों पर पड़ा है वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के दौरान केंद्रीय करो में राज्य की हिस्सेदारी में करीब बाइस प्रतिशत की कमी आई है और इससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले धनराशि में दो हजार पांच सौ तिरासी करोड़ रुपए की कमी आई है उल्लेखनीय है कि राज्य के विकास में केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता बहत मायने रखती है क्योंकि राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित है

राज्य सरकार ने कोविड प्रबंधन पर लगभग छियालिस करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिसमें से करीब बीस करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग को वेंटिलेटर दवाओं और पी पी ई किट्स की खरीददारी के लिए दिए गए है जबकि राज्य आपदा राहत कोष से प्रदेश के सभी जिलों को लगभग बारह करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है

उन्होंने लोगों से कोविड से बचाव के लिए स्वैच्छा से मास्क लगाने और दो गज की दूरी का पालन करने की भी अपील की

उन्होंने कहा कि पश् चिकित्सालय को इस दौरान नियमित रुप से ख्ला रखने का निर्देश दिया गया था उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कामगारों की कमी और पश्पालन या म्र्गी पालन के लिए आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद इस दौरान द्ध और मांस की मांग को पूरा करने में विभाग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया

देश में कोरोना महामारी श्रू होने के बाद एक ही दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है

देश में कोरोना से मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है इस बीच राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आगामी इकतीस जून तक प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का निर्देश दिया है

ईटानगर में स्थापित राज्य कोविड नियंत्रण कक्ष में गत एक जून से अद्वारह कैडेट्स अपनी सेवाए दे रहे हैं

बल द्वारा कोविड जागरुकता कार्यक्रम के अलावा राज्य आपदा त्वरित बल को भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है आज ईटानगर में सेनेटाइजेशन के दौरान एन डी आर एफ के इंस्पेक्टर रणवीर सिंह पटानिया ने बताया कि मानसून को देखते हुए बल के जवान अरुणाचल प्रदेश के रोईंग और बोमडिला के अलावा असम के सोनितप्र शिवसागर और सदिया में तैनात किये गए है

इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के तेंगा में देखने को मिला